राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने सी विजिल पर मिली शिकायतों को तय समय में निपटाने को कहा

राज्य में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि चुनाव के लिए सभी बूथों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटी उपलब्ध कराई जायेगी मतदान प्रक्रिया ईवीएम से होगी साथ ही शत प्रतिशत वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा ये एफिडेविट ऑन लाईन भी भरा जा संकता है इसके बाद नामांकन पत्र जमा करना होगा नई सुविधा नाम से एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी

बैठक में उन्होंने राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है इसलिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता को सख्ती के साथ लागू करना सुनिश्चित करें

साथ ही कहा कि सरकारी खर्च से अब कोई भी प्रचारात्मक विज्ञापन नहीं दिया जाएगा नए टेंडर या वर्कआर्डर पर भी रोक लगा दी है श्रीमती सौजन्या ने कहा कि कोई शिलान्यास या लोकार्पण कार्यक्रम नहीं होगा उन्होंने निर्वाचन आयोग के सी विजिल एप पर मिली शिकायतों का तय समय में निपटाने के निर्देश दिये साथ ही ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा स्लग चुनाव उत्तरकाशी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें जिलाधिकारी ने कहा कि सभा या जूलूस निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी इसके साथ ही सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर पर बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे निजी भवनों पर प्रचार सामाग्री लगाने के लिए भू स्वामी से अनुमति लेनी होगी जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभा या जुलूस के आयोजन से पहले पुलिस विभाग को सभी सूचना दी जाएगी ताकि यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किये जा सकें उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने के लिए न्यू सुविधा एप के जरिये ऑनलाईन अप्लाई करना होगा स्लग जिलाधिकारी चमोली लोक सभा चुनाव की आर्दश आचार संहिता के चलते चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रत्येक सोमवार को लगने वाले जनता दरबार और पूर्व निर्धारित बहुउदेशीय शिविर और तहसील दिवसों को आचार संहिता के दौरान स्थगित करने के आदेश जारी किये है उन्होंने कहा कि चुनाव की आचार संहिता के दौरान जनता दरबार का आयोजन नही किया जायेगा उन्होंने सभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वीडीओ को पोस्टर बैनर होर्डिग्स वॉल पेन्टिंग आदि प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के और सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में इसकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये हैं जिला आपदा एवं प्रबन्धन कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है

लोकसभा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी इन द्रभाष नम्बरों पर प्राप्त की जा सकती है यह कन्ट्रोल रूम पुलिस कन्ट्रोल रूम के अतिरिक्त होगा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार हैं उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी

आज के समारोह में मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोर्धन सिस्कों के पूर्व प्रमुख जॉन चौंबर्स सांसद हुकुमदेव नारायण यादव करिया मुंडा और सुखदेव सिंह ढींढसा और दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को पदम भूषण से अलंकृत किया गया इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणवल्लील टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरथी देवी तथा मुक्ताबेन डगली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर किसान बाबू लाल दहिया तथा राजकुमारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मामेन चांडी को पद्मश्री प्रदान किए गया

बाकी लोगों को इस महीने होने वाले कार्यक्रम में प्रस्काोर प्रदान किए जाएंगे स्लग मौसम राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है राजधानी देहरादून में आज सुबह तेज धूप खिली लेकिन दोपहर बाद से तेज हवा के साथ बादल छा गए जिससे तापमान में गिरावट आ गई

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है

मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है अस्पतालों में सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है स्लग सेमिनार देश में लैंड यूज और लैंड कवर में बदलाव को लेकर देहरादून के भारतीय वन सर्वेक्षण में आज से सुदूर संवेदी सर्वेक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई है यह कार्यशाला फूड एंड एग्रीकल्वर ऑर्गनाइजेशन यानि एफएओ और वन संसाधन एफआरए के सहयोग से आयोजित की जा रही है

इसके तहत वन्य संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नीक के माध्यम से लैंड यूज और लैंड कवर चेंज का डाटा इकट्टा किया जा रहा है

डॉ सुभाष आशुतोष ने बताया कि एफएओ ने कलेक्ट अर्थ नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें विश्वभर के सैटेलाइट डाटा की तस्वीरें हैं

इसी के साथ देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मीडिया से सकारात्मक और प्रगतिशील संवाद बनाए रखें